मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रघानमंत्री ने देश को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का किया है काम

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा सरकार जल्द ही ई कामर्स नीति की करेगी घोषणा

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने हिन्द महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई उन्होने क्षेत्र में स्थिरता के लिए एक दूसरे की चिंताओं और आकांवाओं को समझने की आकश्यकता पर बल दिया कल शाम मालदीव के सातवें राष्ट्रपति के रूप में शफ्य लेने के बाद श्री सोलेह ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की कठिन आर्थिक स्थिति से अवगत कराया दोनों नेताओं ने इस बात पर विचार किया कि भारत किस तरह मालदीव के विकास में अपना योगदान जारी रख सकता है विशेष रूप से वह नई सरकार को मालदीव के लोगों से किए गए वादे पूरे करने में कैसे मदद कर सकता है राष्ट्रपति सोलेह ने आवास और बुनियादी ढांचा विकास की बढ़ती मांग तथा बाहरी द्वीपों में पेय जल और सीवर प्रणाली कायम करने की आवश्यकता से श्री मोदी को अवगत कराया प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति सोलेह को आश्वस्त किया कि भारत मालदीव के स्थायी सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करेगा उन्होंने हर तरह से सहायता करने की भारत की इच्छा भी व्यक्त की और सुझाव दिया कि दोनों देशों को शीघ्र बातवीत करके मालदीव की जरूरतों का ब्यौरा तैयार करना चाहिए श्री मोदी ने मालदीव में आपसी लाम के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए निवेश के प्रस्तावित अवसरों का स्वागत किया श्री सोलेह ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने और मालदीव की यात्रा करने के लिए श्री मोदी का आमार व्यक्त किया दोनों नेताओं ने यह महसूस किया कि भारत और मालदीव के बीच संबंघों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री सोलेह के राष्ट्रपति बनने से दोनों देशों के बीच सहयोग और मित्रता के नए अध्याय की शुरूआत होगी प्रघानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलेह को सरकारी यात्रा पर भारत आने का निमंत्रण दिया जिसे श्री सोलेह ने स्वीकार कर लिया उन्होंने कहा कि उनके विदेश मंत्री इस महीने की छब्बीस तारीख को भारत की सरकारी यात्रा पर आएंगे और राष्ट्रपति की आगामी यात्रा की तैयारी की समीक्षा करेंगे श्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को दुनिया में महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम किया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कई विकास योजनायें संचालित की गई है उससे देश में एक नई पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि संसद में उत्तर प्रदेश ने काशी के प्रतिनिधि के रूप में गौरव की अनुमृति कराई है मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र और प्रदेश में सत्ता में आने के बाद विश्वास विकास और सुशासन का वातावरण बना है श्री योगी ने कल वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर से जिला मुख्यालय तक आयोजित भाजपा की कमल संदेश बाईक रैली को झंडा दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने में सक्रिय योगदान देने की अपील की

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि यह रैली लोकसमा चुनाव दो हजार उन्नीस में पार्टी की जीत हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी और नरेन्द्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा कमल संदेश बाईक रैली निकाली गई जो विभिन्न मार्गो से होते हुए सुभाष चौराहे सिविल लाइन्स पर समाप्त हुई रैली में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिद्वार्थनगर जिले में भी भाजपा कमल संदेश बाईक रैली का आयोजन किया गया जिसका नेतृत्व सांसद जगदम्बिका पाल ने किया बस्ती जिले में सांसद हरीश द्विवेदी की अगुवाई में कमल संदेश बाईक रैली निकाली गई सांसद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की भारतीय जनता पार्टी के आहवान में पूरे उत्तर प्रदेश में बाईक रैली का आयोजन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं देश के विकास के लिए गांव गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई गयी हैं उसका प्रचार प्रसार करना और इस दृष्टि से एक संदेश देने के लिए एक बाइक रैली की गयी और आने वाले समय में बस्ती की जनता ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है दो हजार उन्नीस में पुनः एक बार मोदी के नेतृत्व में भास्तीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बस्ती का बहत बढ़ा योगदान रहेगा बरेली जिले में भी रैली का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार एवं संगठन मंत्री भवानी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए गोरखपुर अमरोहा गोण्डा बलरामपुर कानपुर मऊ मथुरा मुजफ्फरनगर पीलीमीत कुशीनगर मेरठ सहित सभी जिलों में भाजपा कमल संदेश बाईक रैली का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री सांसद विधायक पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और परम्परा के माध्यम से आज भी जुड़े हुए हैं लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव दो हजार अटठारह के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की विरासत को संजोने संवारने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार हर संवव सहयोग करेगी श्री योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा की आदमकद प्रतिमा लखनऊ में स्थापित किये जाने की घोषणा की इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा तथा नारायण दत्त तिवारी को अपनी श्रद्दाजंलि देते हुए स्मरण किया उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग गढ़वाल व कुमाऊ रेजीमेंट के साथ साथ भारतीय सेना पैरा मिलेट्री फोर्स तथा सिविल पुलिस में भी पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा कर रहे हैं इस अवसर पर भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रायत ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि देवमूमि होने के साथ साथ वीरमूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पव्वीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शृन्य शृन्य एक एक सात आठ शृन्य शृन्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रम् ने कहा है कि सरकार जल्दी ही ई कामर्स नीति की घोषणा करेगी मुबई में एक पुरस्कार समारोह में श्री प्रषु ने कहा कि उद्योग जगत के सभी पक्षों ने नई नीति का मसौदा तैयार किया है और अब इसे औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग की मंजूरी मिलने का इंतजार है वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि हालांकि सरकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों को मानती है लेकिन नीति भारत सरकार ही बनाएगी अयोध्या में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर होने वाली पंचकोसी परिक्रमा आज सुबह दस बजकर छबीस मिनट से शुरू होगी जो अगले दिन उन्नीस नवंबर को ग्यारह बजकर छत्तीस मिनट तक चलेगी राम जन्ममूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येद्र दास ने बताया कि मुहूर्त के समय की जाने वाली परिक्रमा पुण्यदायी होती है प्रशासन ने परिक्रमा को देखते हुए सुखा व्यक्स्था के कड़े इंतजाम किये है देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्दालु इस परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए भगवान राम की नगरी पहुंच चुके हैं बुन्देलखंड को देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य महानगरों से सड़क मार्ग के द्वारा सीधे जोड़ने के लिए प्रस्तावित बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए तैयारियां जोरो पर है एक्स्रेस वे की राह में पड़ने वाले हमीरपुर महोबा चित्रकूट के एक सौ उन्वास गांवो की भूमि अधिग्रहीत करने के लिये राजस्व विमाग ने जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है केंद्र और राज्य सरकार ने दो सी उन्वास किलोमीटर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे निर्माण को मंजूरी दी है